हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि केन्द्र सरकरा द्वारा लागू किये गये तीन अध्यादेशों का किसानों को बहत लाभ होगा व इनका फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कोई असर नहीं होगा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाया जायेगा

वे अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त थे

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य व रोहतक लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद दीपेन्द्र हड्डा कोरोना संक्रमित हो गये है दीपेन्द्र हड्डा ने आज स्वयं टवीटर पर ये जानकारी दी चिकित्सकों के निर्देशानुसार बाकी की जांच की जा रही है श्री हड्डा ने ये कहा कि लोग गत दिनों में उनके सम्पर्क में आये है कृपया स्वयं संगरोध में रहकर अपनी जांच करवायें आज चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के निदेशक उप निदेशक व क्छ अन्य अधिकारी संक्रमित पाये गये

अभी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बंद है

हरियाणा प्रदेश देश के अन्य राज्यों के म्रकाबले किसानों के हितों में अच्छा कार्य कर रहा है पलवल जिले के होडल में पत्रकारवार्ता को स्म्बोधित करते हये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फसलों में हये नकसान की भरपाई के लिए किसानों को भरपूर मुआवजा प्रदान किया है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को साढ़े चार हजार करोड़ रूपये का मुआवजा प्रदान किया गया है श्री धनखड़ ने केन्द्र सरकार द्वारा तीन अध्यादेश लागू किये गये है उनके अंतर्गत जो किसान फसल की स्वयं बिक्री करना चाहता है या कृषि उत्पाद संगठन बनाकार फसल की बिक्री करना चाहता है या कोई व्यापारी खेती के व्यवसाय को करना चाहता है सहित अनेक विकल्प दिये गये है उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियों में फसलों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुचारू रूप से जारी रहेगी हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री दृष्यन्त चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने की कड़ी में गांवों में स्थित जलघरों को पूरी तरह से विकसित करके जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से पंचायतों को सौंपा जाएगा उपमुख्यमंत्री ने विकास एवं पंचायत तथा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये जानकारी दी श्री चौटाला ने बताया कि जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जलघरों को द्रुस्त किया जाएगा फिर दो साल बाद ये सभी जलघर वहां की पंचायतों को सौंप दिए जाएंगे इन जलघरों की मुरम्मत व कर्मचारियों का पूरा जिम्मा पंचायतों का रहेगा इससे जहां जलघरों का रखरखाव ठीक रहेगा वहीं पंचायतें सशक्त होंगी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहंचाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी

हरियाणा के विध्यत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिह ने कहा कि परम्परागत ऊर्जा के विकल्प तलाशना और उन्हें बढ़ावा देने आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है सरकार का प्रया है कि लोग ऊर्जा के परम्परागत स्त्रोतो को छोड़कर ऐसे विकल्प अनपायें जो न केवल कम खर्चीले हो अपितु पर्यावारण को भी नुकसान न पहंचायें आज चंडीगढ़ में एक बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे में सौर ऊर्जा एक कारगार विकल्प के तौर पर उभरकर सामने आई है इससे पैसे की बचत तो होती है साथ ही बिजली की बचत भी होती है इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि सौर ऊर्जा से हमारे पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होती सौर ऊर्जा को भविष्य की बिजली भी कहा जाता हे क्योकि सौर ऊर्जा के माध्यम से नागरिक अपनी जरूरत के मुताबिक घर में ही बिजली उत्पादन कर सकते है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने आज विभिन्न स्नातकोतर कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से परीक्षाओं के चार चरणों में आयोजित किया जायेगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ बी बार कम्बोज ने बताया कि स्नातकोतर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन कोरोना महामारी के चलते केन्द्र व राज्य द्वारा जारी हिदायतों का पालन करते हये किया जा रहा है इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के हाथ सैनेटाइज करने उपरान्त उन्हे मास्क व स्वच्छ पेय जल की बोतले भी वितरित की गई उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओ के लिए क्ल तीन हजार चार सौ अड़तालीस विद्यार्थियों ने ऑन लाइन आवेदन किया था जिनमें स्नातकोतर व पी एच डी के कोर्स शामिल है हरियाणा के वन पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि हमें अपने लिये ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ी को भी हवा शुद्ध देना होगा इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे वन मंत्री कंवरपाल भिवानी जिला के गांव सांगा में आक्सीजन पार्क व पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान अपना संदेश दे रहे थे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश में सात प्रतिशत ज़मीन पर जंगल है जिसे आगामी तीन वर्षो में बढ़ाकर बीस प्रतिशत करना है हरियाणा पुलिस ने फतेहाबाद से तीन नशा तस्करों को दो किलो एक सौ चालीस अफीम के साथ गिरफ्तार किया है पकड़े गए आरोपियों में दो आरोपी राजस्थान के जोधप्र और एक आरोपी राजस्थान के जैसलमेर का रहने वाला है फतेहाबाद प्लिस ने ग्र्प सूचना के आधार पर गांव धांगड के पाससे बरामदगी की बाज़ार में जिसकी कीमत लाखों रूपये बताई गई है फतेहाबाद के पुलिस उप अधीक्षक अजैब सिंह ने बताया कि इन तस्करों पर एन डी पी एस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है

चरखी दादरी जिले के सैनिक भूपेन्द्र सिंह चौहान बारामुला में आंतकी हमले में शहीद हो गय है जिले के गांव बास में उनकी शहादत की खबर पहुंचने के बाद से शोक की लहर है भूपेन्द्र सिंह का पार्थिव शरीर कल गांव में पहुंचेगा